श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघू उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं

टवीट संदेश में अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी के रचनात्मक और निर्णायक नेतृत्व में राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले छह वर्षो में न केवल इतिहास की गलतियां सुधारी हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है अमित शाह ने यह भी कहा कि देश के नागरिकों ने श्री नरेन्द्र मोदी में दृढ विश्वास व्यक्त किया है यह उनके ईमानदार नेतृत्व और कठिन परिश्रम का प्रमाण है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के जरिये देश के भविष्य की आधारशिला रखी है लखनऊ से प्रकाशित उर्द दैनिक अवधनामा में प्रकाशित लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल में दिया गया पैकेज देश का भविष्य तय करेगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर लिखे गये इस लेख में सूचना और प्रसारण मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है

ये इस कार्यक्रम की पैंसठवीं कड़ी होगी

चचए प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण शाम आठ बजे किया जाएगा

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले के बालोतरा में क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया

इस बीच उदयपुर में सूरजपोल और घंटाघर क्षेत्र को छोड़कर प्रा शहर कंटेनमेंट जोन से बाहर आ गया है इसके बाद जिला कलेक्टर आनंदी ने शहर के बाकी क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठान भिठाई की दुकानें रेस्टोरेंट टेक अवे और सैलून ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी कर दिए सशर्त टैक्सी आटो रिक्शा भी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन हॉस्पिटलों तक चलने लगें बाड़मेर का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब कोरोना से मुक्त होगा

इसके बाद अस्पताल में सभी सामान्य सेवाएँ फिर से शुरू हो जाएंगी बाड़मेंर जिला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए आमजन में जागरूकता के लिए कोरोना वारियर्स शपथ की अनूठी पहल की है कोरोना वारियर्स की शपथ लेने पर जिला प्रशासन की ओर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है

इस दौरान टीकाकरण स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग हाथ धोने मास्क पहनने के साथ ही सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए गए

इन प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच के बाद इन्हें क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा

इसमें जिला स्तर से पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया साथ ही चर्चा में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों राज्य स्तर के अधिकारियों जिला कलेक्टरों ने भी भाग लिया इस दौरान कोरोना से उत्पन्न हुई विभिन्न स्थितियों गर्मी को देखते हुए पेयजल की उपलब्यता टिड्डी नियंत्रण और कृषि जिंसों की खरीद और मनरेगा कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी

मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले तीन चार दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है विभाग ने आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है